वहीं जिला उपाय्क्त कोमकर द्लोम ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने का अन्रोध किया है

जिला उपायुक्त ने कहा कि बारिश के मद्देनजर भारी वाहनों को बंदरदेवा गेट से आने की अन्मति दे दी गई है

ईटानगर प्लिस स्टेशन के प्रभारी पी सिमि ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर कई लोगों में भ्रम होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई उन्होंने कहा कि प्लिस ने लोगों को लॉकडाउन को बढ़ाए जाने और इसके दिशानिर्देशों के बारे में अवगत कराया और अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल आवश्यक वाहनों को ही आवाजाही की अन्मति दी जा रही है

इसके साथ ही देश में मरने वालों की दर दो दशमलव छह तीन प्रतिशत हो गई है

ईटानगर के मिथ्न गेट के पास आज स्बह तेज बारिश से भ्रस्खलन का मलवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ जाने से यातायात प्रभावित रहा जिला प्रशासन ने सामान्य यातायात बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए है और जे सी बी की सहायता से मलवे को त्वरित गति से हटाया जा रहा है इधर ईटानगर के निया कालोनी में भूस्खलन से सड़क को नुकसान पहंचा है और पाइप लाईन के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में जल आपूर्ति प्रभावित है स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पाईपलाईन की मरम्मत कराकर जल आपूर्ति बहाल करने का आग्रह किया है

प्रदेश में बाढ़ के कारण तेरह लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से अब तक अड़तालीस लोगों की मौत हो च्की है राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी है राज्य के कई भागों में सड़कों पर पानी आ जाने से सड़ल मार्ग बाधित हो गया है तेईस हजार से अधिक विस्थापित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं इस बीच वन्य प्रणियों का शिकार रोकने के उद्देश्य से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगाए शिविरों में बाढ़ का पानी घूद गया है बाढ़ से ज्ड़ी घटनाओं में अबतक सैंतालीस जानवरों की मौत हो गई है

बोर्ड ने यह परीक्षा परिणाम आज घोषित किये लडकों की त्लना में लडकियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा